प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की बंगलादेश सरकार की नीति की सराहना की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा राष्ट्र निर्माण में कम्पनी सचियों की है महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें व्यापार को बढ़ावा देने के लिये करना चाहिये काम केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा भारत में विश्व के सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स होने से निवेश की संभावनाएं बढ़ी रेपोरेट कम होने से बैंक से मिलेंगे सस्ते कर्ज शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में लगी है श्रद्वालुओं की भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगलादेश की प्रघानमंत्री शेख हसीना ने कल नई दिल्ली में वार्ता के दौरान आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीवा की और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच जल संसाधन युवा मामले संस्कृति शिक्षा और तटवर्ती इलाकों में निगरानी समेत सात क्षेत्रों में समझौतों के दस्तावेजों का आदान प्रदान भी किया गया दोनों नेताओं ने वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया इनमें बंगलादेश से थोक में रसोईगैस के आयात की परियोजना भी शामिल है अन्य परियोजनाएं ढाका में रामकृष्ण मिशन में विवेकानंद भवन की स्थापना बंगलादेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान और छोटे तथा मझौले उद्यमियों के लिए सुक्विया केंद्र बनाने से संबंधित हैं श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने पिछले एक साल में कुल बारह परियोजनाएं शुरू की हैं जिनसे उनके आपसी संबंधों की मजबूती का पता चलता है पिछले एक साल में हमने नौ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया आज के तीन प्रोजेक्ट्स को जोड़कर एक साल में हमने एक दर्जन ज्वाइंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं आज की ये तीन परियोजनाएं तीन अलग अलग क्षेत्रों में हैं लेकिन इन तीनों का ज्देश्य एक ही है हमारे नागरिकों के जीवन का बेहतर बनाना शेख हसीना ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच विमिन्न क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य में आस पढ़ोस में सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए रक्षा सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है श्री मोदी ने आतंकवाद को कतई बर्दास्त नहीं करने की बंगलादेश सरकार की नीति की सराहना की है और क्षेत्र में शांति सुखा और स्थिरता सुनिश्वित करने के शेख हसीना सरकार के प्रयासों का स्वागत किया बंगलादेश की प्रवानमंत्री ने म्यामां के विस्थापितों के लिए भारत की ओर से सितम्बर दो हजार सत्रह से मिल रही मानवीय सहायता के प्रति आमार व्यक्त किया है सरकारी सुत्रों ने कहा है कि बंगलादेश ने बातचीत के दौरान राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का भी मुद्दा उठाया इस बारे में बताया गया कि इसकी प्रक्रिया जारी है और यह देखना होगा कि आगे क्या स्थितियां उमरकर सामने आती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कंपनी सचिवों को व्यापक सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए नई दिल्ली में कल भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के इक्यानबयें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अच्छे प्रशासन और सुगम जीवनयापन को प्रोत्साहित कर रही है राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उनसे काफी उम्मीदें भी हैं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति कल पहले से कही अधिक मजबूत हुई है उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे अधिक कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ भारत में होने से यहां निवेश की सम्मावनाए बढ़ी हैं जिसका लाम नए उद्योग स्थापित करने और रोजगार सृजन की दिशा में मिलेगा स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों के सहयोग से कल लखनउ में आयोजित ग्राहक सम्पर्क कार्यक्रम में केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से आज बैंकों तक गरीबों की पहुंच बनी है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार स्टैडअप इण्डिया और मुद्रा योजना कार्यक्रमों के जरिए जरूरतमंद लोगों को कर्ज की सुविधा मुहैयया करा रही है उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना में पिछले पांच सालों में बीस करोड़ लोगों को फायदा मिला है इनमें पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति जन जाति के लामार्थी और आठ करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं इस अवसर पर उन्होंने स्टैण्डअप इण्डिया और मुद्रा के तहत लामार्थियों को लोन स्वीकृति पत्र भी वितरित किए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछते डेद वर्षों के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि पिछले चार महीनों के दौरान कैबिनेट की पन्द्रह बैठकों में एक सौ दस ऐसे फैसले लिये गए जिनसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश के आधारमूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रूपये के निवेश का फैसला किया है

इसी से अर्थव्यक्ष्या तेज होती है इसके लिए सौ लाख रूपये का निवेश भारत सरकार ने तय किया है सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि बैंकों के विलय से बैंकिंग उद्योग मजबूत हुआ है और सभी ने इसका स्वागत किया है प्रकाश जावर्ड़कर ने कहा कि बैंकों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें सत्तर हजार करोड़ रूपये दिये गए हैं और सरकार द्वारा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह सहायता राशि थल सेना युद्व हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी इस कोष की स्थापना वर्ष दो हजार सत्रह में रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पांच दिक्सीय दौरे पर कल गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री यहां पराम्परागत नवरात्र पूजन और दशहरा जुलूस में भाग लेंगे श्री योगी आज अष्टमी पूजन और कल नवमी पूजन के बाद दशहरा पर्व पर नगर में निकलने वाले परम्परागत विजय जुलूस की बतौर गोरक्षपीठायीस्वर अगुवाई करेंगे इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री योगी ने नगर के तारामण्डल के चम्पादेवी पार्क में आयोजित भव्य रामकथा का शुभारम्म किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह गोरखपुरवासियों का सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शिव स्वरूप भगवान गोरखनाथ की धरती पर उन्हें रामकथा के श्रवण का अवसर प्राप्त हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम को सांस्कृतिक एकता और सनातन आस्था का प्रतीक बताते हुए कहा है कि उनके व्यतित्व और कार्यो से समी को प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामतीला मैदान में आयोजित रामोत्सव दो हजार उन्नीस को सम्बोषित कर रहे थे उन्होंने रामलीला आयोजन समिति को शुमकामनाएं और धन्यवाद देते हुए कहा कि यह समिति रामलीला के भव्य आयोजन की समुद्धि परम्परा को निमा रही है उन्होंने कहा कि रामलीला हमारे अतीत की समुद्ध परम्परा से जुड़ती है मुख्यमंत्री ने कहा कि रामराज्य की अक्वारणा सर्वगीण विकास सर्वसमावेशी समाज की रही है उन्होंने कहा कि थाईतैण्ड कोरिया इण्डोनेशिया सहित विश्व के अनेक देशों में श्रीराम अयोध्या और रामराज्य के प्रति आस्था व श्रद्वा का भाव है अनेक देशों में भी रामलीला का मंचन किया जाता है उन्होंने शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व पर लोगों को बघाई और शुभकामनाएं दीं शारदीय नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है श्रद्वालु आज माँ भगवती के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रदेश षर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विस्याचल घाम में ब्रह्ममूहुर्त से श्रद्वालु माता के दर्शनों के लिए पंक्तिबद्व हो गए हैं माता विस्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में भीड़ का भारी दबाव है विच्याचल का नवरात्र मेला आज अपने चरम पर है वाराणसी के दुर्गाकूण्ड देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है उषर बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतारें लगी हैं वहां पढ़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान ब्रम्डमुहूर्त से ही आरम्म हो गया है गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर बुढ़िया माई मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों पर मी दर्शन पूजन तथा विविध धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं उधर दुर्गा पूजा महोत्सव भी जोरो पर है पाण्डालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के पट खुल गए हैं और श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे हैं विमिन्न पाण्डलों द्वारा विक्वि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं